ये विस्फोट कोलम्बो में शांग्रीला किंग्सबरी और सिनमन ग्रैंड होटल में सुबह नौ बजे हुए कोलम्बो के सेंट एथनी गिरजाघर के अलावा बट्टिकालोआ तथा नेगोम्बो के गिरजाघरों में भी धमाके हुए हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि अब तक किसी गिरोह ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है पुलिस को प्रमावित इलाकों में भेज दिया गया है और गिरजाघरों तथा होटलों की सुरक्षा के लिए घेराबंदी कर दी गई है लोगों को धमाके वाली जगहों से दूर रहने और अस्पतालों में भीड़ न लगाने की सलाह दी गई है पुलिस अधिकारियों की छुट्टी स्द कर दी गई है और सुरक्षा एजेन्सियों को अधिकतम चौकसी बरतने के आदेश दिये गये हैं श्रीलंका में दो हजार नौ में एलटीटीई के खिलाफ युद्द समाप्त होने के बाद यह सबसे बड़ा हमला है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने श्रीलंका में हुये इन आतंकी हमलों की कड़े शब्दों में निन्दा की है लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो गया प्रचार के अन्तिम दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में मत हासिल करने के लिये पूरी ताकत लगा दी मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में अपनी प्रत्याशी जयाप्रदा के समर्थन में जनसभा को सम्बोधित किया और मतदान की अपील की कॉप्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्ध ने आज बिजनौर के अफजलगढ़ में अपने प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी के समर्थन में सभा कर वोट मांगा बिजनौर की जनसभा में कॉग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मतदातओं को मोबाइल फोन से सम्बोधित किया इस चरण में प्रदेश की दस सीटों पर तेईस अप्रैल को वोट डाले जायेंगे ये सीटें हैं मुरादाबाद रामपुर सम्भल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायूँ आंवला बरेली और पीलीभीत लोकसभा चुनाव के पांचवे चरण के नामांकन पत्रों की जांच कल पूरी हो गयी थी कल यानी बाईस अप्रैल तक नामांकन वापस लिये जा सकेंगे इस चरण में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख अट्ठारह अप्रैल थी इस चरण का मतदान छः मई को होगा पांचवें चरण में प्रदेश की जिन चौदह सीटों पर मतदान होने हैं उनमें धौरहरा सीतापुर मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली अमेठी बांदा फतेहपुर कौशाम्वी बाराबंकी फैजाबाद बहराइच कैसरगंज और गोण्डा शामिल हैं लोकसभा चुनाव के छठें चरण के लिये नामांकन प्रक्रिया जारी है इस चरण में प्रदेश के चौदह संसदीय क्षेत्रों में आगामी बारह मई को मतदान सम्पन्न कराया जायेगा छठे चरण में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में योट डाले जायेंगे उनमें सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद अम्बेडकर नगर श्रावस्ती डुमरियागंज बस्ती संतकबीर नगर लालगंज सुरक्षित सीट आजमगढ़ जौनपुर मछलीशहर सुरक्षित सीट और भदोही शामिल हैं लोकसभा चुनाव के सातवें चरण की अधिसूचना कल जारी की जायेगी अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का कार्य भी शुरू हो जायेगा नामांकन दाखिल करने की अन्तिम तारीख तीस अप्रैल है

इस चरण में प्रदेश की जिन तेरह सीटों पर चुनाव कराये जाने हैं उनके नाम हैं महराजगंज गोरखपुर कुशीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सलेमपुर बलिया गाजीपुर चन्दौली वाराणसी मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज चुनाव आयोग ने आगरा विधानसभा सीट पर उन्नीस मई को उपचुनाव कराये जाने की घोषणा की है इस सम्बंध में अधिसूचना बाईस अप्रैल को जारी की जाएगी उसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी मतगणना तेईस अप्रैल को कराई जायेगी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जगन प्रसाद गर्ग का दिल का दौरा पड़ने से विगत दस अप्रैल को निधन हो जाने के कारण यह सीट रिक्त हुई है ईस्टर का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्वा भक्ति और हर्षोलास के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है इस अवसर पर आज सुबह सभी गिरजाघरों में प्रार्थना सभायें आयोजित की गयीं कई स्थानों पर ईसाई समाज के लोगों ने झांकियां निकाली और ईस्टर मेले का आयोजन किया दुनिया भर में यह त्योहार ईसा मसीह को सलीब पर लटकाये जाने के तीन दिन बाद उनके पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को ईस्टर की बधाई दी है प्रदेश में मैनपुरी जिले कें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर करहल के पास कल रात सड़क दुर्घटना में एक बच्चे समेत सात यात्रियों की मौत हो गयी और चौंतीस अन्य घायल हो गये दुर्घटना उस समय हुई जब इन लोगों को ले जा रही तेज रफ्तार प्राइवेट बस दूसरी ओर से आ रहे ट्रक से टकरा गयी घायलों को सैफई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है